प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भूटान की दो दिवसीय यात्रा पर आज थिम्पू पहुंच

संयुक्त वार्ता में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भूटान के विकास में भारत प्रमुख भागीदार है और दोनों देशों के रिश्ते साझा हितों पर आधारित हैं उन्होंने कहा कि इस द्विपक्षीय वार्ता से न सिर्फ हमारी साझा आध्यात्मिक विरासत को बल मिलेगा बल्कि व्यापार और आर्थिक संबंधो में और मज़बूती आयेगी और दोनों देश संबंधो का एक अनूठा मॉडल साबित होंगे बाइट साथियों मुझे बहुत खुशी है कि आज हमने भूटान में रू पे कार्ड को लांच किया है इससे डिजिटल भूगतान और व्यापार तथा पर्यटन में हमारे संबंध और बढ़ेंगे हमारी साझा आध्यात्मिक विरासत और मजबूत पीपूल ट पीपूल संबंध हमारे संबंधों की जान है

एक्सीलैंसी भारत भूटान संबंधो का इतिहास जितना गौरवशाली है उतना ही आशाजनक भविष्य भी है

दोनों नेताओं ने शिष्टमंडल स्तर की बातचीत की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि इस बातचीत के दौरान दोनों देशों के शिष्टमंडलों ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भागीदारी को और अधिक मजबूत बनाने के उपायों पर विचार विमर्श किया दोनों पक्षों ने कई करारों के प्रावधानों पर भी बातचीत की इन करारों पर श्री मोदी की मौजूदगी में हस्ताक्षर किये जायें गे

प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया पारो से थिम्पू तक पचास किलोमीटर की सड़क यात्रा के दौरान बच्चों युवाओं और भारतीय व भूटानी नागरिकों ने जगह जगह प्रधानमंत्री श्री मोदी का कतारबद्ध होकर स्वागत किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नागरिकों से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का आहवान किया है श्री योगी आज बस्ती जिले में हरैया तहसील के तपसी धाम मंदिर परिसर में ज्योतिलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद संत समागम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि साधु वैराग्य सिर्फ़ धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्ति नहीं है बल्कि सेवा और लोक कल्याण की भावना ही वास्तविक वैराग्य है श्री योगी न कहा कि हमें ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिये योगदान करना चाहिये जिसमें कोई भेदभाव न हो और प्रत्येक नागरिक मुख्य धारा से जुड़ सके बाइट एक ऐसे भारत जिस भारत में किसी के कोई भेदभाव न हो हर व्यक्ति भारत की मुख्य धारा से जुड़ सके भारत की राष्ट्रीयता को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान दे सके उस एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिये सभी लोग मिल करके अपना योगदान दे सके

मुख्यमंत्री ने कहा कि तपसी धाम लाखों लोगों के लिये श्रद्धा का केन्द्र बिन्दु है इसलिये सरकार ने इस धाम के विकास के लिये पचपन करोड़ रूपये दिये हैं कार्यक्रम को स्थानीय सांसद हरीश द्विवेदी और विधायक अजय सिंह ने भी संबोधित किया समारोह में डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिकापाल भी मौजूद थे प्रदेश सरकार राज्य के सभी अट्ठारह मंडलों में श्रमिकों के बच्चों के लिये अटल बिहारी वाजपेई आवासीय विद्यालय खोलेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें भावभीनी श्रद्वाजंलि अर्पित करते हुए यह घोषणा की इसके अलावा श्री योगी ने पूर्व प्रधानमंत्री की स्मृति में कई अन्य परियोजनाओं की घोषणा भी की उन्होंने कहा कि कानपुर के डीएवी कॉलेज में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जायेगी इस महा विद्यालय में स्वर्गीय वाजपेई ने शिक्षा ग्रहण की थी श्री योगी ने कहा कि आगामी पच्चीस दिसम्बर को अटल जी की जयन्ती के उपलक्ष्य में सचिवालय लोक भवन में पच्चीस फीट ऊँची उनकी प्रतिमा स्थापित की जायेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ में अटल जी की स्मृति में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का कार्य प्रगति पर है और बलरामपुर ज़िले में किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय का सेटेलाइट सेन्टर भी स्थापित किया जा रहा है बलरामपुर स्वर्गीय वाजपेई की कर्मस्थली रही है और उन्होंने उन्नीस सौ सत्तावन में पहला संसदीय चुनाव यहीं से जीता था

राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद प्रदेश में बुन्देलखंड के कई जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है आगरा में यमुना प्रयागराज में गंगा और यमुना हमीरपुर में यमना और बेतवा तथा जालौन और ललितपुर में बेतवा नदी के बढ़ते जलस्तर से तटवर्ती गांव में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है कोटा स पानी छोड़े जाने की वजह से चम्बल नदी भी उफान पर है हमीरपुर में चौसठ गांव बाढ़ से प्रभावित है माता टीला बांध से पानी छोड़े जाने के बाद हमीरपुर ललितपुर और झांसी जिलों में बाढ़ से बचाव के लिये प्रशासन अलर्ट पर है जालौन में बेतवा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है और सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूब गई है लखनऊ नगर निगम ने प्रतिबंधित पॉलिथीन रखने उपयोग करने बनाने या इसके कचरे को फेंकने पर एक हजार से पच्चीस हजार रूपये तक की जुर्माना राशि तय कर दी है प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के उददेश्य से नगर निगम ने कुछ दिन पहले इस आशय का निर्णय किया था जिसे कल से लागू कर दिया गया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आम नागरिकों और द्कानदारों से प्लास्टिक बैग के उपयोग को पूरी तरह अलविदा करने का आहवान किया था उन्होंने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि प्लास्टिक के एकल उपयोग से पर्यावरण को खतरा पैदा हो गया है

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने नगर निगम व्यापार कर और पुलिस अधिकारियों को इस बारे म निर्देश जारी करते हुए कहा था कि आगामी इकतीस अगस्त तक प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री पर पूरी तरह रोक लग जानी चाहिये अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ़ जरूरी कार्रवाई की जायेगी पीलीभीत जिले के किसान सुगंधित और औषधीय पौधों की खेती करके अधिक से अधिक लाभ उठा रहे है इन पौधों से हासिल होने वाला तेल भी विदेशों में भेजा रहा है एक रिपोर्ट सुगंधित और औषधीय पौधां की खेती में पीलीभीत के किसानों की किस्मत बदल दी है ढक्काचांट के किसान संजय सिंह ने बताया संघीय पौधे जैसे लेमनग्रास है पामा रोसा है टूरूनेला है निरियम आदि की मैं खेती करता हूं क्योंकि कोई भी जंगली जानवन इनको नहीं खाता है और न ही इन फसलों को ज्यादा कीड़े लगते है इसलिए मैं अपने कृषि कार्यो को गति देने के लिये संघीय पौधों की खेती करता हूं कृषि विज्ञान का केन्द्र का तकनीकी सहयोग मुझको समय समय पर मिलता रहता है जंगली जानवरों से फसलों का नुकसान और मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं भी इस तरह की खेती से कम हो रही है

इससे क्या हो रहा है कि इन खेतों में शाकाहारी जीव भी नहीं आ रहे है और शाकाहारी जीवों के पीछे पीछे जो मांसाहारी वन्य जीव है वह भी नहीं आते इस प्रकार हमारी बहुत सारी वन्य जीव और वन्य जीव का संघर्ष तो अल रहा है साथ साथ परम्परागत फसलों के मुकाबले इन्हें इन फसलों से अधिक आर्थिक आमदनी भी होती है संजय सिंह से सीख कर दूसरे किसान भी परम्परागत खेती से अलग हटकर मुनाफा कमा रहे है सतीश मिश्र आकाशवाणी समाचार पीलीभीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के कल्याण के लिये कई प्रभावी कदम उठाये हैं श्री योगी आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्रान्तीय सिविल सेवा प्रोन्नत अधिकारी संघ के आम अधिवेशन के उदघाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे